राज्यपाल के सचिव मनोहर दूबे ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार शहीदों के परिजनों को आमंत्रित कर सम्मानित करने की परम्परा स्थापित की जा रही है

गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत झाँकियां राजभवन में प्रदर्शित की जाएंगी परम्परानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर रोजगार के अवसर पैदा करने और नया निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे

बैठक में ईकोलॉजी अर्थ व्यवस्था टेक्नोलॉजी सामाजिक जियो पॉलिटिक्स और उद्योगों से जुड़े विषय पर फोकस रहेगा

भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे यदि जरूरी हुआ तो मतदान कल कराया जाएगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी संगठन की चुनावी प्रक्रिया के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा के निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है नये अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही मौजूदा पार्टी प्रमुख अमित शाह का साढ़े पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा सिंधिया पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में चलाया जा रहा शुद्ध के लिय युद्ध अभियान अन्य राज्यों के लिये मिसाल है इस अभियान ने देश में प्रदेश की छवि को निखारा है उन्होंने पाँच वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो ड्राप की खुराक पिलाना जरूरी बताते हुए कहा कि इससे बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि मध्यप्रदेश में पल्स पोलियो अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरा किया जायेगा

उन्होंने कहा कि शासकीय जेपी अस्पताल को अगले एक साल के भीतर प्रदेश का आदर्श अस्पताल बनाया जाएगा जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया साइकिल रैली इंदौर में पर्यावरण और पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण का संदेश देने के लिए कल साइकिल रैली साइक्लोथोन का आयोजन किया गया

इसके पहले उन्होंने सभी को पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण की शपथ दिलवाई

इस सम्मेलन के दौरान किसान उद्योगपतियों के साथ बैठक में अपनी फसलों का मूल्य तय करेंगे

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए एग्री व्यापार नाम से डिजीटल ई प्लेटफार्म तैयार किया गया है इस पोर्टल के माध्यम से किसान उद्योगपतियों से घर बैठे सीधे व्यापार कर सकेंगे मौसम पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रदेश में शीतलहर में बढ़ौतरी हुई है बादलों के छाने और सर्द हवाओं के चलने से पूरा दिन ही ठिठुरन भरा रहा मौसम विभाग के अनुसार भोपाल इंदौर बैतूल उज्जैन और शाजापुर जिले में अत्यधिक सर्दी रही न्यूनतम तापमान बैतूल में सात दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया इंदौर जिले में रविवार को दिनभर ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बनी रही इन ठंडी हवाओं के कारण धूप भी बेअसर रही

उमरिया और सिवनी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण रात और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है यादव कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते एक साल में आम आदमी के सर्वागींण विकास का सिलसिला शुरू किया है

इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू कर कमजोर वर्ग को हजारों रूपए के बिजली बिल से मुक्ति दिलाई गई उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसानों का दो लाख रूपए तक का फसल ऋण माफ किया

मोहम्मद शमी ने चार विकेट और रविन्द्र जड़ेजा ने दो विकेट लिए

उन्हें मैन ऑफ द सीरिज घोषित किया गया

इसके साथ ही वे एक दिवसीय मैचों में सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के बाद तेजी से नौ हजार रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया

पदक तालिका में एक सौ तिरान्नवे पदकों के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है उसके बाद हरियाणा का स्थान है जिसे एक सौ छत्तीस पदक मिले हैं दिल्ली सत्तान्नवे पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है

इसमें लोगों कानून संबंधी जानकारी देकर उनकी समस्या का समाधान किया गया